पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरागांधी की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश में भी कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव की अध्यक्षता में भोपाल में कार्यशाला आयोजित आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र का स्थापना दिवस आज

सरदार पटेल की एक सौ तेंतालीसवीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की यह प्रतिमा विश्व को साहसी पुरूष की याद दिलायेगी जिसने भारत को विखंडित करने के प्रयासों को विफल किया प्रतिमा के पास श्री मोदी ने वॉल ऑफ यूनिटी का भी अनावरण किया यह दीवार देशमर के विभिन्न राज्यों से लाई गई मिटटी से बनाई गई है प्रदेश में भी इस मौके पर अनेक कार्यक्रमो का आयोजन किया गया राजधानी भोपाल के केन्द्रीय विद्यालय में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की जंयती के मौके पर आगरमालवा जिला मुख्यालय पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया

नगर के छावनी स्थित गाँधी उपवन से विजय स्तम्भ तक हुई इस दौड़ में विद्यालय एवं महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं समाजसेवी संस्थाओं के गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया वही उमरिया खंडवा नरसिंहपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इंदिरा गांधी देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है मुख्य कार्यक्रम आज दिल्ली के राजघाट स्थित उनकी समाधि पर हुआ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी श्रीमती गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्दांजलि अर्पित की गई विभिन्न जिलो में भी श्रीमती गांधी को याद कर उन्हें नमन किया जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पृण्यतिथि पर आगरमालवा जिला मुख्यालय पर सेवादल द्वारा आयोजित किये गये कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने श्रीमती गांधी को मावमीनी श्रद्दांजलि अर्पित की इस मौके पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया सतना जिले में भी कांग्रेस के विभिन्न संगठनों द्वारा श्रीमती गांधी की प्रतिमा पर श्रद्वासुमन अर्पित करने के साथ ही उनके बताये मार्ग पर चलने की शपथ ली गई उमरिया नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों से भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाये जाने के समाचार मिले हैं चुनाव तैयारियां पूरे प्रदेश के साथ ही राजगढ़ जिले में भी विघानसभा चुनाव की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं दो से नौ नवंबर तक प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरे जा सकेंगे इसे लेकर जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं

जिसमें युवाओं और सामाजिमक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया अनूपपुर जिले में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिये अधिक से अधिक प्रेरित करने के उद्वेश्य से दिव्यांग मतदाता जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई कार्यशाला में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने के लिये प्रशासन प्रतिबद्ध है उन्होंने मतदाताओं से अपील की की वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें

कल भोपाल में आयोजित सभी संभाग आयुक्त और नगर निगम आयुक्तों की स्वीप संबंधी कार्यशाला में उन्होंने कहा कि शहरों के कीमीलेयर क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिये निरन्तर स्वीप गतिविधियां चलाई जायें सोशल मीडिया में लगातार कियाशील रहते हए वॉट्सअप ग्रूप में लोगों को मतदान के लिये प्रेरित करें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप गतिविधियों से इस बार संभागायुक्तों को भी जोड़ा गया है प्रदेश में संभाग स्तर पर स्वीप समिति और शहरी क्षेत्रों में स्वीप गतिविधि समिति भी बनाई गई है स्वीप गतिविधि में यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर ईवीएम और वीवीपेट का प्रदर्शन किया जाये श्री राव ने कहा कि चुनाव में युवाओं और महिला मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित करने के उद्वेश्य से नवाचार किये जायें

इस मौके पर राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है

केन्द्र के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया

इसका उद्घाटन पंडित रविशंकर शुक्ल और डाक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था आकाशवाणी भोपाल के पहले केन्द्र प्रमुख गिरजा कुमार माथुर थे

कैमरा मैन शोक दूरदर्शन के कैमरा मैन अच्युतानंद साहू के नक्सली हमले में शहीद होने पर आज भोपाल में फेंड्स ऑफ फी मीडिया द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया इस सभा में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में पत्रकारों की सुरक्षा के उपाय करने की मांग की सभा के अंत में दो मिनट का मौन भी रखा गया

इन केन्द्रों पर आधार के लिये पंजीयन और संबद्व सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी

यह केन्द्र मौजूदा समय में बैंकों डाकघरों और सरकारी परिसरों में चलाये जा रहे केन्द्रों के अतिरिक्त होंगे

इसमें रेलवे कर्मचारियों को संरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए सजगता से कार्य करने की सलाह दी गई